इस पर लगभग दो हजार चार सौ करोड़ रुपये की लागत आई है अनावरण समारोह के दौरान कई मुख्य आकर्षण रहेंगे प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा हमारे गुना संवाददाता ने बताया है कि सरदार बल्लंभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर रन फॉर युनिटी का आयोजन अब से कुछ देर बाद गुना जिला मुख्यालय में किया जाएगा

बैठक की अध्यक्षता वित्ती मंत्री अरूण जेटली ने की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक में विधाई ढांचे के तहत वित्तीय क्षेत्र की कंप्यूटर इमरजेंसी रिसपोंस टीम के गठन की प्रगति की समीक्षा की गई रिजर्व बैंक के गवर्नर ने परिषद की अध्यक्षता की और इसमें परिषद के कार्यों की समीक्षा की गई

श्री साह कल छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव को कवर करने के दौरान नक्सली हमले में शहीद हो गये उनके साथ दूरदर्शन की टीम भी गयी थी इस हमले में दो पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं प्रेस क्लब आफ इंडिया ने श्री साहू के मारे जाने की घटना की कड़ी निन्दा की है वह पत्रकारों पर हमले की पहले से निन्दा करता रहा है राहुल गांधी काग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है हम नहीं चाहते कि उन्हें दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़े श्री गांधी ने कहा कि हम खेतों के पास फुड प्रोसेसिंग प्लांट लगायेंगे ताकि किसानों को उनके फसल के अच्छे दाम मिल सके और युवाओं को भी रोजगार मिल सके इस सभा को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया इंदिरा गांधी देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है मुख्य कार्यक्रम आज राजघाट स्थित उनकी समाधि पर होगा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी विभिन्न जिलो में भी श्रीमती गांधी को याद कर उन्हें नमन किया जा रहा है

निगम द्वारा पिछले दिनों नोटिस जारी करने पर फरियादी जब इसकी जांच करने निगम कार्यालय पहुँचे तो आरोपी ने मामला सेट करनी की सलाह दी और रिश्वत की मांग की थी अवैध हथियार नीमच जिले में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की सामग्री के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध हथियार और देशी शराब जब्त की है

आरोपी महुआ से देशी शराब भी बना रहे थे

चुनाव कार्यवाही आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो लाख से अधिक शस्त्र थाने में जमा कराये गये है

शराब जब्त झाबुआ जिले में आबकारी विभाग ने देशी शराब जब्त की है

कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने ये कार्यवाही की है

प्रतिवेदन में कहा गया था कि विवाद के चलते ग्रामीणों के खिलाफ थाना चिन्नौनी में आपराधिक और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है

ये ग्रामीण अपने शस्त्रों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं अवैध उत्खनन प्रदेशभर में अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में नरसिंहपुर में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जा रही है गोटेगांव तहसील के ग्राम बेलखेड़ी गोटेगांव और झांसीघाट आदि क्षेत्रों में नर्मदा नदी सहित अन्य स्थलों में रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन भंडारण की जांच संयुक्त दल द्वारा की गई आगे भी संयुक्त दल द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्यवाही जारी रहेगी वहीं सिंगरौली में भी अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही तेज हो गयी है पुलिस अधीक्षक सीधी और सिंगरौली के निर्देशन में कल देर रात संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई